मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां उच्च शिक्षा के लिये नालंदा खुला विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जायेगा जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा लेने में आसानी हो उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिये कई संस्थान खोले गये हैं श्री कुमार ने कहा कि ज्ञान विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ जर्नालिज्म खोला जायेगा केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोसी नदी पर दस किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है यह पुल साढ़े तीन साल में बनकर तैयार होगा जो देश का सबसे लंबा पुल होगा पुल में दो सौ चार पिलर और पचास मीटर लंबाई वाले पचास स्पैन होंगे पुल की चौड़ाई सोलह मीटर होगी जिसमें सड़क ग्यारह मीटर चौड़ी होगी और दोनों ओर डेढ़ डेढ़ मीटर का फुटपाथ भी होगा धारा बदलते रहने वाली कोसी के स्वाभाव के कारण इस महासेतु को नदी के दोनों तरफ बने पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों को सीधे जोड़ा जा रहा है बेगूसराय जिले के एक स्थानीय न्यायालय ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ इस्तेहार जारी करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि सत्रह अगस्त दो हजार अठारह को सीबीआई ने जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड में स्थित पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी की थी इस दौरान पचास कारतूस बरामद किये गये थे इसी मामले में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी पटना जिले की कोतवाली पुलिस ने आभूषण दुकान के एक कर्मचारी को बयालीस किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है वहीं जिले के फतुहा में पूलिस ने चोरी की बाइक के साथ पांच लूटेरों को गिरफ्तार किया है उधर इसी जिले के पांच प्रखडों में शराब के साथ सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि धनरूआ में शराब पीकर हंगामा कर रहे पति को पत्नि ने पुलिस के हवाले कर दिया है प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के अंतर्गत मूंगेर जिले के नौशाद उर्फ नशिया को पांच साल की कैद और पांच लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने असामाजिक कार्य और जाली नोट के मामले में चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने दो आरोपियों पर एक लाख बीस बीस हजार रुपये जबकि दो अन्य आरोपियों पर साठ साठ हजार रुपये का जूर्माना लगाया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष कारावास के साथ ही पैंतीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के कारण राज्य में अगले अड़तालीस घंटों में बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार का मौसम कुछ हद तक बदल जायेगा उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ए सत्तार ने बताया है कि तूफान का असर राज्य में आंशिक रूप से पड़ेगा उन्होंने कहा कि हल्की बारिश हो सकती है श्री सत्तार ने कहा कि इस दौरान हवा की रफ्तार पंद्रह से बीस किलोमीटर प्रतिघंटे रहने की संभावना है जिसका जन जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा जबकि कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि बारिश होने से धान की फसल को लाभ होगा और आगामी रबी फसल की बुआई करने में किसानों को आसानी होगी राज्य के किसानों को डीजल अनुदान की तरह ही कृषि यंत्रों पर भी अनुदान मिलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्टेंशन फॉर इनपुट डीलर्स देसी नामक कार्यक्रम की शुरूआत नौ जिलों में की गई है इसके अंतर्गत चयनित डीलरों के लिये चालीस सप्ताह का एक कोर्स बनाया गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिये दस नये बस सेवा शुरू कर रहा है जिसमें मोतिहारी छपरा रक्सौल और सीवान से गोरखपुर के लिये बसें आज से खुलेंगी परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये बसें छह मार्गों पर चलेंगी उन्होंने कहा कि पटना से देवरिया और भोजपुर से वाराणसी के लिये बस सेवा अगले सप्ताह शुरू होगी अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों से आवेदन अठारह अक्टूबर से लिये जायेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तारीख सत्रह नवबंर है यात्रियों को आवेदन पत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट आवासीय जानकारी के लिये प्रमाण पत्र बैंक खातों की छाया प्रति एक रद्द किया हुआ बैंक चेक और तीन सौ रूपये का पे इन स्लीप देना होगा पिछले दिनों मालदा टाऊन से नई दिल्ली जा रही फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राज्य के एक और युवक की मौत इलाज के दौरान हो गयी है जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब छह हो गयी है शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है उधर मूर्ति निर्माता दूर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गये हैं मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने जकार्ता में चल रही पैरा एशियाई खेलों के ऊंची कूद स्पर्धा में नये रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है शरद इसके पूर्व दो हजार चौदह में साउथ कोरिया में हुये द्वितीय पैरा एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं पदक जीतने के बाद शरद ने कहा कि मेरा यह पदक राज्य के सभी एथलीटों को समर्पित है उधर ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन के मुख्य दौर में दर्शन पुजारी और पंकज अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर पहुंचे हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने गंगा एक्ट बनाने वाले स्वामी सानंद के निधन की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अविरल गंगा के दूत स्वामी सानंद नहीं रहे दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से शीर्षक दिया है राजनीति अगर ठीक नहीं हुयी तो देश को आगे बढ़ाना संभव नहीं प्रभात खबर ने तितली तूफान को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है तितली से ओडिशा व आंध्र में तबाही आठ मरे अखबार ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व मंत्री पी चितंबरम के पुत्र कार्ति की संपत्ति जब्त की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने एमजे अकबर आज लौटेंगे पक्ष सुनने के बाद इस्तीफे पर निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा ने राहुल ने मोदी को भाजपा ने गांधी परिवार को बोला भ्रष्ट को पहले पन्ने की बड़ी सुर्खी बनाया है जबकि अखबार आज ने बिहारियों पर हमले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट सख्त को बड़ी खबर बनाया है